प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत कर आतंकवाद के ठप्पे को पीछे छोडकर कर पारदर्शिता के युग में आगे बढ गया है श्री मोदी ने कहा कि निरंतर सुधार कार्य प्रदर्शन और कायाकल्प की नीति की दिशा में सरकार के लगातार प्रयासों से यह संभव हुआ है पहले की सरकारों के समय शिकायतें होती थी टैक्स टैरोरिजम चारों तरफ यही शब्द सुनाई देता था आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपेरेसी की तरफ बढ रहा है टैक्स टैरोरिजम से टैक्स ट्रांसपेरेसी का यह बदलाव इसलिये आया है क्योंकि हम रिष्टार्म परफार्म और ट्रांस्फार्म की अर्पोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम रिफार्म कर रहे हैं रूल्स में प्रोसिजर्स में और इसमें टैक्नोलॉजी की भरपूर मदद ते रहे हैं हम परफार्म कर रहे हैं साफ नीयत के साथ स्पष्ट इरादों के साथ

प्रधानमंत्री ने कल शाम वर्चुअल माध्यम से ओडिसा के कटक में आयकर अपीलीय अधिकरण के अत्याधुनिक सुविधाओं वाले कार्यालय और आवासीय परिसर का लोकार्पण किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कर संग्रह करने वाले शोषक की उपनिवेशकालीन छवि बदलने की आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी कर प्रशासन के कारण ज्यादा से ज्यादा करदाता देश की कर प्रणाली में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां कर दाताओं के अविकार और कर्तव्य परिभाषित हैं उन्होंने कहा कि कर दाताओं और कर प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ा है श्री मोदी ने कहा कि अब केवल शुन्य दशमलव दो पांच प्रतशित कर रिटर्न की जांच की जाती है जिससे कर प्रणाली में कर दाताओं का भरोसा बढ़ा है भारत में पुरातन काल से ही टैक्स के महत्व और लेनदेन को लेकर बहुत स्वस्थ परम्परा रही है शासन जब आम जन से टैक्स ले तो किसी को तकलीफ ना हो लेकिन जब देश का वही पैसा नागरिकों तक पहुंचे तो लोगों को उसका इस्तेमाल अपने जीवन में महसूस होना चाहियें बीते वर्षों में सरकार इस विजन को लेकर ही आगे बढ़ी है प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने आय कर अधिकरण प्रशासन से कर अपीलों की ई सुनवाई को प्राथमिकता देने की संमावना तलाशने की अपील की ताकि इस प्रक्रिया को फेसलैस बनाया जा सके प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील की जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दस प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पी एल आई को मंजूरी दे दी है इनमें द्रसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद औषधि उद्योग मोटर वाहन और उसके कल पूर्ज कपड़ा और उससे जुडे उत्पाद तथा खाद्य उत्पाद शामिल हैं मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों को बताया कि यह योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी निवेश को आकर्षित करेगी और निर्यात को प्रोत्साहित करेगी मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि दस उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानि प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जायेगा तगमग दो ताख करोड़ का यह उत्पादन भी बढ़ाएगा निर्यात भी बढ़ायेगा और रोजगार भी बढ़ायेगा आत्म निर्भर भारत को साकार करने की दृष्टि से यह निर्णय महत्व का होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनता उन्हें ही अपना आशीर्वाद देती है जो ईमानदारी और विकास की दृष्टि से काम करते हैं कल नई दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रत्येक राजनीतिक दल से यह उम्मीद करती है कि वह देश के विकास के लिए काम करे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यही मृद्दा आने वाले चुनावों में भी मुख्य मुद्दा रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये संकल्पित है उन्होंने कहा कि कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हो इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे

आगामी त्यौहारों और पर्वो को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाये

कोरोना से बचाव के लिये लोगों को लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमार्ती राज्यों से आने वाले लोगों की ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाये उन्होंने कहा कि राज्य में ई संजीवनी ऐप के माध्यम से लोगों को काफी लाम मिल रहा है इसलिये इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये मुख्यमंत्री ने दीपावली के बाद आरोग्य मेले के आयोजन की सभी तैयारियां करने के भी निर्देश दिये

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्वालुओं और विशेषकर कल्पवासियों और संतों के लिये उच्चस्तर की व्यवस्था करते हए समी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये उन्होंने कहा कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कोई समझौता न किया जाये उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेले के दौरान कल्पवासियों के स्वास्थ्य के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है इसलिये स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का पूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये

राज्य में संक्रमण की दर घटने के बावजूद कोरोना टेस्ट की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है

उन्होंने बताया कि त्यौहारों के मददेनजर राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिये फोकस टेस्टिंग का दूसरा चरण चल रहा है जिसमें माल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स में काम करने वाले सुरक्षाकर्मियों स्ट्रीट वेडर्स और रेहड़ी पटरी वालों की कोरोना जांच कराई जा रही है प्रदेश सरकार इस दीपावली पर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को विशेष उपहार के रूप में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत वस्तुएं मेंट करेगी ये उपहार उत्तर प्रदेश के समी उत्पादों के रूप में होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकल फॉर दीवाली अभियान की अपील से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है खास तौर पर दिवाली के लिए तैयार किये गये ओडीओपी गिफ्ट बास्केट में पूजा के लिए मिट्टी से बने टेराकोटा शिल्प की गणेस लस्मी की मूर्ति और दीये हैं परवान बनाने को सिद्वार्थनगर का कालानमक चावल है तो मुजफ्फरनगर का मशहूर गुड़ और प्रतापगढ़ के आंवले के उत्पाद हैं गिफ्ट हैपर में लखनऊ के विकन का कुर्ता वाराणसी की सिल्क का स्टोल और कन्नौज का इत्र भी है मुरादाबाद का ब्रास का बाउल आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी का फूलदान और आगरा के मार्बल का टी कोस्टर भी इस बास्केट की खासियत बढ़ा रहा है प्रयागराज के बास्केट में तैयार इस हैंपर में सहारनुपर की तकड़ी के पेन स्टैंड और चंदौली के जरी जरदोजी की डिजाइन भी मौजूद है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ धनतेरस का पर्व आज प्रदेश भर में धूमधाम और उल्लास के साथ कोविड नियमों के पालन के साथ मनाया जा रहा है इसी के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरूआत होगी धनतेरस पर खरीदारी को शुभ माना जाता है आज के दिन आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की जयंती होने के कारण अस्पतालों व दवा की दकानों पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाएगी दकानों व उद्योगों में बहीखाते व क्बेर की भी पूजा की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की शुभकामनाएं दी हैं